भाजपा व कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रदेश में ध्रआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं

चम्बा में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि देश की जनता ने एकबार फिर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है उधर बिलासपुर में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में मतदान का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए केन्द्र सरकार ने बिलासपुर में एम्स संस्थान दिया है

बाद में अमित शाह ने शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत नाहन में चुनावी रैली को संबोधित किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी चम्बा बिलासपुर और नाहन में चुनावी रैलियों को संबोधित कर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की वीरभद्र कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल के पक्ष में शिमला ग्रामीण क्षेत्र के तहत सुन्नी गुम्मा नैहरा सहित कई स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया सुन्नी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने केन्द्र सरकार को कई मुददों पर घेरा और दावा किया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास किया उन्होंने कहा कि देश में इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर है और प्रदेश में भी पार्टी चारों सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी रैली तैयारियां भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल सोलन के ठोडो मैदान में होने वाली चुनावी रैली को लेकर समी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं रैली के मददेनज़र सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं

रजनी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मण्डी संसदीय क्षेत्र के तहत किन्नौर ज़िले में चुनाव प्रचार किया उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम को लागू करने में नाकाम रही है रजनी पाटिल ने दावा किया कि पूर्व यूपीए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए

पार्टी प्रत्याशी दलीप सिंह कायथ अनेक स्थानों पर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं माकपा नेता संजय चौहान ने बताया कि उनकी पार्टी भाजपा व कांग्रेस की कथित जनविरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है

रामलाल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानो पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने आज बिलासपुर में हुई भाजपा की रैली में सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप लगाया रामलाल ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जनहित से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए हैं और सांसद बनने पर वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को संसद में पुरज़ोर ढंग से उठाएंगे उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया

जबकि शिमला सहित प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवाओं के बीच दोपहर बाद हल्की वर्षा हई जिससे मौसम में ठण्डक आ गई है जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि लाहौल व स्पीति उपमण्डल को जोड़ने वाला कुंजम दर्रा भारी बर्फबारी के कारण बंद है और चुनाव सामग्री को हैलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा विपिन रावत सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत अपने तीन दिवसीय दौरे पर आज शिमला पहुंचे शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमाड के चीफ ऑफ स्टाफ लैफ्टिनेट जनरल जीएस सांघा ने अनाडेल हैलीपेड पर उनका स्वागत किया शिमला प्रवास के दौरान जनरल विपिन रावत अग्निम क्षेत्र में सुरक्षा के हालात जानने के लिए सैनिकों की तैनाती का जायजा लेंगे